मुख्यमंत्री ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन आईसीयू और वेंटीलेटर्स सहित बैड की संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक बयान में जानकारी दी कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं चना मसूर सरसों ज्वार और कुसुम फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है

श्री तोमर ने बताया कि सरकार ने पिछले छह वर्षो में सरकारी खरीद के लिए किसानों के लिए लगभग सात लाख करोड़ रुपये की राशि मंजूरी की है

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने में कोई कमी नहीं रखेगी

बैठक में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोरा ने बताया कि लगातार प्रयासों के चलते मृत्यू दर को नियंत्रित करने में राजस्थान कामयाब रहा हैं

डॉक्टर शर्मा ने बताया कि आइसोलेशन वाले मरीज या उनके परिजन राज्य स्तरीय वॉर रूम में संपर्क कर अपनी परेशानी बता सकते हैं

उन्होंने बताया कि जयपूर के मेट्रोमास अस्पताल को भी कोविड केयर सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना है

इसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों आशा सहयोगिनियों तथा आंगनबाडी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर हाई रिस्क श्रेणी के लोगों का सर्वे कर रही हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए उन्होंने कहा कि इस कार्ड के माध्यम से नरेगा श्रमिकों को दुर्घटना बीमा और इलाज सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की उपलब्धता सुलभ हो सकेगी मुख्यमंत्री ने कल सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक भी की बैठक में उन्होंने कहा कि स्थानीय जरूरतों को देखते हए ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास पथ मिसिंग लिंक और सड़कों की मरम्मत के कार्य किए जाएं

उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई गई सड़कों के रख रखाव की जिम्मेदारी पांच साल तक सम्बन्धित ठेकेदार की होने का प्रावधान करने के निर्देश दिए

उधर दौसा में आज सुबह कई स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई वहीं उदयपुर जिले में वल्लभनगर सरजना बांध के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए किसी प्रकार की गतिविधि न करने की चेतावनी जारी की है